देश की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आज किया जाएगा आयोजन प्रदेशभर में मनाया जा रहा है गणेश चत्र्थी का पर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ्र शर्मा ने कल विधानसभा में कोर्राना महामारी और उसके आर्थिक दृष्प्रभाव पर हई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में कोराना संक्रमण रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और राजस्थान देश में सर्वाधिक रिकवरी दर वाले अग्रणी राज्यों में है साथ ही यहां मृत्यु दर भी कम है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां की गई हैं वहीं पीपीई किट मास्क टेस्ट लेब तथा वेंटिलेटर की भी पर्याप्त व्यवस्था है उन्होंने सदन को बताया कि उप जिला अस्पतालों तक वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई है

उन्होंने कहा कि यह संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है जिसे रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं

वहीं प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने क्वारंटीन सेंटरों में बदइंतज़ामी का मुद्दा उठाया

वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे जिन्होंने इस सप्ताह के शुरू में इस्तीफा दे दिया था

उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन का तीन दशक से अधिक का अनुभव है

राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव विकास कुमार खण्डेलवाल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को शीघ्र और सुलभ तरीके से न्याय दिलाने का राल्सा द्वारा प्रयास किया जा रहा है इसी क्रम में यह राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन होगा

इस मौके पर घरों में गणपति स्थापना की जा रही है इस बार कोरोना संक्रमण के कारण मंदिरों में सामूहिक धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे हैं प्रशासन ने लोगों को घर में ही गणपति स्थापना करने की हिदायत दी है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रसिद्ध ंत्रिनेत्र गणेश मेला स्थगित कर दिया है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

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा साथ ही ये दूरदर्शन डीटीएच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर एप पर भी उपलब्ध रहेगा

साथ ही विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अच्छी वर्षा के संकेत दिये हैं मौसम विभाग ने आज बारां और झालावाड़ जिले में कृछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है वहीं प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा और कोटा जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है मौसम विभाग के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि अगले दो तीन दिन प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा इस बीच उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात कई स्थानों पर तेज बारिश हुई इससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई